मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ने स्वयं अमरूदों का बाग पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया राज्य सरकार के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिये मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक नक्शे के द्वारा पूरे सभा स्थल का जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों से सांसद विधायकों जन प्रतिनिधियों और लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था सहित सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया श्रीमती राजे ने सभा स्थल की सारी तैयारियों को तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिये मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की

बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस प्रस्ताव पर मंत्रालय की सहमति जताते हुए बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही केबिनेट नोट बना कर सहमति के लिए भिजवाया जायेगा बैठक में जल संसाधन मंत्री डॉ रामप्रताप सार्वजनिक निर्माण और परिवहन मंत्री यूनुस खान और जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल भी मौजूद थे

यह बैठक ऋणदाताओं के बीच समझौते की रूपरेखा परविचार करने के लिए बुलाई गई है बैठक का आयोजन इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने किया है

इस संबंध में कल जिला मतदाता साक्षरता कमेटी की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत भाकर की अध्यक्षता में आयोजित हुई

महिला अधिकारिता की सहायक निदेशक मेघा रतन ने बताया कि योजना के तहत जिन बालिकाओं महिलाओं ने शिक्षा खेल संस्कृति सामाजिक कार्य या विज्ञान के क्षेत्रा में अनुकरणीय कार्य किया है तथा समाज में परिवर्तन निर्माताओं के रूप में कार्य करने की इच्छुक हैं उन्हें मनोनीत किया जा सकता है

केन्द्र में आयोजित होने वाले समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अधीनस्थ और अन्य संस्थान स्टॉल प्रदर्शनी लगाकर पशुपालकों और ैकिसानों को वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी दी जाएगी

आरोपियों ने ये वारदातें करना कबूल कर लिया है

जिले में इस योजना के तहत दो हजार एक सौ बयालीस आवेदन प्राप्त हुए थे

इसमें उन्हें पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाना होगा यह निर्देश अजमेर राजस्व मंडल ने दिये है